पांच दिनों का सत्र सताईस नवम्बर तक चलेगा

कोविड के कारण गृह विभाग की अपील लोग घर में ही करें छठ ब्रलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह गिरानरी और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा है इसके अतिरिक्त श्री कुमार के पास निर्वाचन और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग भी रहेगा वहीं उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद को वित्त वाणिज्य और सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है इसके अलावा उनके पास पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन और नगर विकास तथा आवास विभाग का प्रभार भी रहेगा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को पंचायती राज और उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है उनके पास पिछड़ा वर्ग एंव अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कार्यभार भी रहेगा मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य विजेन्द्र प्रसाद यादव फिर से ऊर्जा विभाग के मंत्री बनाये गये हैं उनके पास मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की जिम्मेवारी भी रहेगी इसके अलावा वे योजना और विकास विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण का कार्यभार भी संभालेंगे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है उनके पास तीन अन्य महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण कार्य संसदीय कार्य और सूचना तथा जन संपर्क विभाग का कार्य भार भी रहेगा इधर मंगल पांडेय को फिर से स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया है श्री पांडेय इसके अतिरिक्त कला संस्कृति और युवा विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी रहेंगे वहीं भाजपा नेता और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेन्द्र प्रताप सिंह राज्य के नये कृषि और सहकारिता मंत्री बनाये गये हैं इसके अलावा उनके पास गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा मेवा लाल चौधरी को शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है श्री चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं मंत्रिमंडल में शामिल नये चेहरों को महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किये गये हैं भाजपा नेता जिवेश कुमार पर्यटन के साथ साथ श्रम संसाधन और खान तथा भूतत्व विभाग के मंत्री बनाये गये हैं वहीं नीतीश कुमार कैबिनेट की दूसरी महिला सदस्य शीला कुमारी परिवहन विभाग संभालेंगी अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग के मंत्री बनाये गये हैं वे समाज कल्याण विज्ञान और प्रोद्यौगिकी तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी संभालेंगे वहीं रामप्रीत पासवान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पीएच ईडी विभाग के मंत्री बनाये गये हैं जबकि रामसूरत कुमार विधि विभाग के साथ साथ राजस्व और भूमि सुधार विभाग संभालेंगे वहीं हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाये गये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग तथा लघ् जल संसाधन विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया है विकासशील इन्सान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पश् और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री बनाये गये हैं गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा चौदह कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है सात मंत्री भाजपा और पांच मंत्री जदयू कोटे से नियूक्त किये गये हैं वहीं एनडीए के दो अन्य सहयोगियों हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इन्सान पार्टी को मंत्रिमंडल में एक एक सीट मिली है नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कार्यभार संभाला श्री प्रसाद ने कहा कि मौजूदा संसाधनों की उपलब्धता के बीच वे राज्य को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे

मंत्रिमंडल में शामिल जदयू की सदस्य शीला कुमारी ने भी परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है

सत्र का समापन इसी महीने सताईस तारीख को होगा यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में हुई पहली बैठक में लिया गया बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में मंत्रिपरिषद के अन्य सभी चौदह सदस्य उपस्थित थे विधानसभा के पांच दिनों के सत्र के दौरान प्रो टेम अध्यक्ष और पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निबटाये जायेंगे पहले प्रो टेम अध्यक्ष नव निर्वाचित विधायकों को विधान सभा की सदस्यता की शपथ दिलायेंगे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र की औपचारिक शुरुआत संयुक्त बैठक के साथ होगी राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे खबर है कि जीतन राम मांझी विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए एनडीए द्वारा नामित किये गये हैं चौहत्तर साल के श्री मांझी को उनके लंबे संसदीय अनुभव को देखते हुए इस पद के लिए चुना गया है वे नवनिर्वाचित विधायकों को सदस्यता की शपथ दिलायेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित जदयू के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात की इस अवसर पर पार्टी के सांसद और कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे श्री कुमार ने हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि पार्टी इस मौजूदा दौर से फिर उबरेगी और मजबूत होकर आगे बढ़ेगी महबूब आलम भाकपा माले के विधायक दल के नेता चूने गये हैं पटना में प्रदेश कार्यालय में सभी विधायकों की बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय किया गया विधानसभा चुनाव में पार्टी ने रिकॉर्ड अच्छा प्रदर्शन करने हुए बारह सीटों पर जीत दर्ज की है श्री आलम कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं बिहार में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है अब तक राज्य में दो लाख इक्कीस हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के पांच सौ तेरह नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ छियासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई हैं वहीं मुजफ्फरपुर में सताईस पूर्वी चंपारण में उन्नीस मुंगेर में अठारह कटिहार और किशनगंज में सोलह सोलह नालंदा में चौदह और बांका में तेरह नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार पांच सौ इकतालीस है देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर तिरानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चालीस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक बयासी लाख नब्बे हजार से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं इस समय देश में करीब चार लाख तिरेपन हजार व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान उनतीस हजार से अधिक नए मामलों का पता चला मृत्यु दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से चार सौ उनचास लोगों की मौत हुई जिन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल एक लाख तीस हजार से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ लाख चौवालीस हजार से अधिक कोरोना जांच हुई जिन्हें मिलाकर अब तक कूल बारह करोड पैंसठ लाख कोविड जांच हुई है चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है डॉक्टर राजेन्द्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है

वह इस समय बहत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापिस लौटकर आएं और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में न बुलाएं अगर कोई आपके घर में कोई आता है तो चाहे वह आपके मित्र हैं रिश्तेदार हैं चाहे वह आपके वर्कर्स हैं

अगर उनको कोई भी लक्षण हैं कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी यही है कि सब एक दूसरे का बचाव करें लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ शुरू हो जायेगा गुरूवार को खरना का अनुष्ठान किया जायेगा वहीं छठव्रती शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और शनिवार की सूबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे इधर प्रशासन की ओर से छठ पर्व को लेकर घाटों की ओर जाने वाले संपर्क पथों की साफ सफाई युद्धस्तर पर जारी है प्रशासन ने गंगा नदी में नौका परिचालन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कोविड उन्नीस महामारी के मददेनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की गयी है इधर अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोविड जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया है बक्सर स्थित केन्द्रीय कारा में भी इस बार कैदियों द्वारा छठ पर्व मनाया जायेगा इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर लीगयी है कारा अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि जेल के भीतर ही कैदियों को सूप दौरा पूजा सामग्री और कपड़े उपलब्ध कराये जायेंगे केन्द्रीय कानून मंत्री और भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हैलीकॉप्टर घोटाला मामले में अपने नेताओं के नाम के बारे में कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि घोटाले के आरोपियों ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया है श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस से चुप्पी तोड़ने की मांग करती है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की यह नीति रही है कि कोई भी सौदा या अनुबंध बिना कमीशन के न हो वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल अत्यावश्यक बैठक बुलाई गई है जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी यह बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है पश्चिमी विक्षोभ के कारण पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट हुई है पटना का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच डिग्री तक नीचे गिरा है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि कल से राज्य में अधिकतर स्थानों पर ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है

पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है रोहतास जिले में एनसीसी की बयालीसवीं बटालियन की ओर से आज संविधान जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया यह अभियान तेरह दिसम्बर तक चलेगा इस दौरान लोगों को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक किया जायेगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह निगरानी और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा

पांच दिनों का सत्र सताईस नवम्बर तक चलेगा

कोविड के कारण गृह विभाग की अपील लोग घर में ही करें छठ